नीति आयोग ने इसका आयोजन किया है दो दिन के इस सम्मेलन में देश के शहरों को प्रद्रषण मुक्त बनाने पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया जा रहा है पूरे विश्व से दो हजार दो सौ से अधिक प्रतिभागी आयोजन में शामिल हुए है सम्मेलन में बिजली चालित वाहनों को बढ़ावा देने और आवागमन के विभिन्न साधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बातचीत की जा रही है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत ने बताया कि सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य गतिशीलता बढ़ाना है इसर्स देश में रोजगार के महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध होंगे उन्होंने बताया कि हमारी चुनौती है कि पहले दो पहिया वाहनों में बैटरी लगाई जाए फिर तिपहिया वाहनों में बैटरी लगाई जाए और बसों के लिए एथेनॉल मेथोनॉल सीएनजी तथा एलएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन सुनिश्चित किये जाए केन्द्र सरकार ने बिजली और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों को परमिट से छूट देने का फैसला किया है देश में इस प्रकार के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय किया गया है केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि बिजली चालित वाहनों तथा एथेनॉल बायोडीजल सीएनजी मिथेनॉल और जैविक ईधन का उपयोग करने वाले ऑटो रिक्शा बसों और टैक्सियों सहित सभी वाहनों को परमिट की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा च्रनाव के लिये प्रबंधन समिति की घोषणा की है

वहीं केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत इसके संयोजक होंगे संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा प्रवक्ता सतीश पूनिया को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई हैं समिति में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अरूण चतुर्वेदी राजेन्द्र राठौड कालूलाल गुर्जर यूनुस खान ओंकार सिंह लखावत नारायण पंचारिया किरोडी लाल मीणा सी आर चौधरी और सांसद ओम बिडला को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है

इनमें प्रशिक्षित डेप रक्षक लोगों में बेटियां अनमोल हैं की भावना जागृत कर रहे है

प्रदेश में मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने आपत्ति और दावे प्रस्तुत करने का आज आखिरी दिन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने सभी राजनैतिक दलों से अपील की है कि मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और इसमें शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करवाने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करे श्री कुमार ने कहा कि दो बार मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करवाने की तारीख बढाई जा चुकी है ऐसे में मतदाताओं के पास आज अंतिम मौका है

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिला स्तर पर रचनात्मक कार्य और नवाचार करने के लिए अजमेर जिले को राष्ट्रीय प्रस्कार के लिए चुना गया है

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण गर्ग ने बताया कि योजना के तहत कराए गए स्थाई कार्यो और जनोपयोगी परिसंपत्तियों का पिछले दिनों केंद्र सरकार के दल ने निरीक्षण किया था उसी की रिपोर्ट के आधार पर जिले को पुरस्कार के लिये चुना गया है सवाईमाधोपुर जिले में गंगापुरसिटी बाटोदा मार्ग पर कल ट्रक की टक्कर से मोटरसाईकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गये ब्रंदी के केशोरायपाटन में अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई

च्रू जिले के रतनगढ में हाईवे पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत लिये जाने के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक ने तीन कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है